प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रदेश के सात शहरों सहित देश के एक सौ उनतीस जिलों में पाईप लाईन के जरिए घरेलू गैस वितरण और अन्य योजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम सिटी गैस वितरण योजना के तहत पटना रोहतास गया औरंगाबाद कैमूर नालंदा और बेगूसराय शहर शामिल किये गये हैं योजना के अंतर्गत पाईप लाईन के जरिए घरों तक गैस पहुंचाने सीएनजी और व्यापारिक तथा औद्योगिक कार्यो के लिए ईंधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन से वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से इन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे

उन्होंने बताया कि पटना के घरों में दिसम्बर महीने तक पाईप लाईन से गैस उपलब्ध करा दिया जायेगा वहीं अगले वर्ष मार्च महीने तक शहर में तीन सीएनजी स्टेशन भी शुरू हो जायेंगे चिकित्सकों की हड़ताल के कारण प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सहित अन्य सभी सेवाएं ठप पड़ गयी हैं चिकित्सकों ने आज भी ओपीडी सेवाओं को बंद रखने का फैसला किया है हड़ताल के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इधर बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ ने कहा है कि यदि आरा सदर अस्पताल के दो चिकित्सकों से मारपीट के आरोपी भोजपुर के जिलाधिकारी पर चौबीस घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो राज्य के सभी सरकारी और निजी डॉक्टर हड़ताल पर चले जायेंगे इधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने चिकित्सकों से मांग पत्र सौंपने को कहा है ताकि सरकार उस पर विचार कर उचित निर्णय ले सके प्रवर्तन निदेशालय ने कुख्यात नक्सली कमांडर विनय यादव की दस करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया है ईडी ने नक्सली के औरंगाबाद स्थित छह भूखंडों और छह व्यवसायिक वाहनों को जब्त किया है इसके अलावा विनय यादव और उसके परिजनों के आठ बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है विनय यादव प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के लिए लेवी वसूलने का काम करता था उसके खिलाफ प्रदेश के विभिन्न थानों में छियालीस मामले दर्ज हैं मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में पटना प्रलिस लाईन से एक सिपाही धर्मवीर कुमार को गिरफ्तार किया गया है आरोप है कि धर्मवीर ने भी एके सैंतालीस राइफल खरीदने के लिए तस्करों को रुपये दिये थे राइफल खरीदने के बाद उसे वह अपराधियों को बेचने वाला था मुंगेर पुलिस गिरफ्तार सिपाही से पूछताछ कर रही है इधर इसी मामले में पुलिस ने कल पटना में चार जगहों पर छापेमारी की है हरियाणा के हिसार में जिंदल पुल के फुटपाथ पर सो रहे तेरह बिहारी मजदूरों को एक तेज रफ्तार कार ने रोंद डाला जिससे पांच मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और कार के चालक सहित आठ मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गये ये सभी मजदूर पुल के काम में लगे थे और काम खत्म होने के बाद पुल के फुटपाथ पर सो रहे थे मरने वाले पांचों मजदूर खगड़िया और सहरसा के रहने वाले थे घायलों में भी आठ खगड़िया के रहने वाले हैं हरियाणा सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं आर्म्स एक्ट की आरोपी पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा के खिलाफ सत्ताईस नवम्बर से पहले कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जायेगा केस के आईओ रंजीत कुमार रजक ने यह जानकारी दी गौरतलब है कि इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को सत्ताईस नवम्बर को उपस्थित होने का आदेश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की सड़कों के रखरखाव में कोताही बरतने वाले अभियंताओ और संवेदकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने विभागीय सचिव अमृतलाल मीणा को सड़कों की रखरखाव की वास्तविक स्थिति का आकलन कराने और संबंधित कनीय सहायक और कार्यपालक अभियंता समेत संवेदकों की जिम्मेवारी निर्धारित करने का निर्देश दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अट्ठाईस नवम्बर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बिहार में चलाये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे

आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना में भाजपा की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चुनावों को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बताया कि बैठक में पार्टी संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर भी चर्चा हुई उन्होंने कहा कि सोलह दिसम्बर से पार्टी पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलायेगी तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दामों में दो रूपये और व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में तीन रूपये की बढ़ोतरी की है बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर एक हजार इकतालीस रूपये पचास पैसे और व्यावसायिक गैस सिलेंडर सत्रह सौ बयासी रूपये में मिलेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को एक महीने के भीतर क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का निर्देश दिया है श्री कुमार पटना में कृषि समन्वयकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कृषि इनपुट अनुदान की जांच में गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे कृषि मंत्री ने कहा कि अब रबी की फसल के लिए तीन की जगह चार सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया जायेगा पूर्व विधान पार्षद कमलनाथ सिंह ठाकुर और पूर्व विधायक जागेश्वर हाजरा के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के उप सभापति हारूण रशीद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया है पछुआ और उत्तरी हवा के कारण प्रदेश भर के तापमान में गिरावट आयी है मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक तापमान में और गिरावट की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और सुबह में हल्की धुंध रहेगी मुजफ्फरपुर और जमुई जिले से पुलिस ने छह सौ पचासी कार्टन शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है पटना के राजेन्द्रनगर टर्मिनल से पुलिस ने साढ़े चार लाख रूपये मूल्य के ई रेल टिकट के साथ तीन दलालों को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर स्थित खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा में कैदियों को मोबाईल सहित अन्य सामान पहुंचाने के आरोप में एक होमगार्ड जवान को गिरफ्तार किया गया है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने जम्मू कश्मीर विधान सभा भंग किये जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अखबार लिखता है जम्मू कश्मीर में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद विधान सभा भंग दैनिक जागरण ने हरियाणा में पांच बिहारी मजदूरों की कार से कुचल कर हुई मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दिया है प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है एक साल में सभी जिलों में कृषि के लिए अलग फीडर दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ की गतिविधि व भावी रणनीति पर मंत्रणा की राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है भारत पाक सीमा पर आतंकी गतिविधियों के कारण तीन वर्षो में सुरक्षा बलों के चार सौ जवान शहीद आज लिखता है डॉक्टरों का बिहार सरकार को चौबीस घंटे का अल्टीमेटम